इस दौरान दूध मावा पनीर मिठाइयों और दूध से बने अन्य उत्पादों के अलावा आटा बेसन खाद्य तेल तथा घी सूखे मेवे मसालों बॉट और माप की जांच को प्राथमिकता दी जा रही है इस राज्यव्यापी अभियान के संचालन और प्रबंधन के लिए उच्च अधिकारियों का कोर ग्रुप बनाया गया है जांच दल जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित दुकानों और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूने ले रहे हैं

प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं वहीं इस बार कोरोना के कारण सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से प्रचार करने पर भी जोर दिया जा रहा है भाजपा और कांग्रेस के विधायक सांसद तथा पार्टी पदाधिकारी भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रमुख वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे नीति आयोग तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस वार्षिक बैठक का आयोजन किया है वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है

वहीं प्रदेश में कोरोना संकमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है

श्रीगंगानगर जिला आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है

सरिस्का बाघ परियोजना में आज से फेज चार पद्धति से वन्य जीव गणना हो रही है

इस दौरान मांसाहारी जानवरों की गणना साइन सर्वे और शाकाहारी जानवरों की गणना ट्रांजिट लाइन पद्धति से की जा रही है